सदस्यों को राष्ट्रीय परिकल्पना और क्षेत्रीय हितों में संतुलन बनाकर रखना चाहिए

संसद का शीत कालीन सत्र आज श्रू हो गया है

बाद मे राज्यसभा के ऐतिहासिक सत्र के मौके पर हई चर्चा में बोलते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा देश के विकास के लिए दूसरा महत्वपूर्ण सदन है और ये सहयोग करने वाला सदन ही बना रहना चाहिए राष्ट्रीय सोच और क्षेत्रीय हितों में संत्लन बनाये रखने पर ज़ोर देते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने के लिए व्यवधान पैदा करने के बजाये बातचीत को महत्व देना चाहिए

उन्होंने कहा कि राज्य सभा उनको देश के विकास में अपना योगदान देनेका मौका देती है जो च्नाव प्रक्रिया के माध्यम से सीधे लोगों दवारा चूनकर नहीं आते है उन्होंने कहा कि डा बी आर अम्बेडकर भी राज्यसभा के माध्यम से ही राष्ट्र की उन्नति में अपना अधिक योगदान दे सके चर्चा में भाग लेते हये पूर्व प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह ने कहा कि राज्यसभा की बहमत वाली सरकार को संत्लित करने के लिए राज्यसभा की केन्द्रित भूमिका है उन्होंने कहा कि कोई भी विधेयक जल्दी में पास नहीं किया जाना चाहिए और सदन को विधेयक की पूरी तरह पड़ताल करने का समय मिलना चाहिए इससे पहले राज्यसभा के सभापति एम वैकेंया नायडू ने चर्चा श्रू करते ह्ये कहा कि संसद ने देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

उन्होंने सदस्यों को सदन में बेहतर कार्य के लिये प्रभावी देने को भी कहा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई न्यायामूर्ति बोबडे ने न्यायाधीश रंजन गोगोई का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत हो च्के है इस अवसर उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह गृहमंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी सहित अन्य कई नेता उपस्थित थे

वे ऐतिहासिक आयोध्या फैसला सुनाने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ज्बिन इरानी ने क्पोषण की च्नौती से निपटने के लिए कृषि और पोषाहार के बीच तालमेल की जरूरत पर ज़ोर दिया प्रसिदव समाजसेवी और माइक्रोसोफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपने विशेष सम्बोधन में कहा कि भारत ही नहीं बल्कि समुचा विश्व कृपोषण की समस्या का सामना कर रहा है उन्होंने कहा कि कि अधिकतर मामलों में पांच साल के कम उम्र के बच्चों की मृत्यु कुपोषण कुपोषण के कारण होती है कृपोषण से निपटने में भारत के प्रयासों की सराहना करते हये श्री गेट्स ने कहा कि अधिकतर देश इस च्नौती से निपटने की बात नहीं कर रहे उन्होंने कहा कि भरत के राष्ट्रीय पोषण मिशन से कुपोषण समाप्त् करने के प्रयासों को और बल मिला है देश में हरित क्रांति के जनक डा एम एस स्वामीनाथन ने वीडियो संदेश के माध्यम से भारत को पोषाहार की दृष्टि से स्रक्षित बनाने के लिए पांच सूत्री कार्ययोजना का स्झाव दिया पांच सूत्रों में देश भर में महिलाओं और बच्चों के लिए कैलरी व उच्च प्रोटीन य्क्त आहार तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना और पोषण साक्षरता का प्रसार करना शामिल है

भारतीय पोषण कृषि कोष का मुख्य उददेश्य स्वस्थ आहार आदतों को बढ़ावा देना और स्थाई रूप से कुपोषण से निपटना है ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह ने कहा कि किसानों को टूयूबवेल के लिए आठ घंटे की बजाय दस घंटे बिजली दी जायेगी और बिजाई के समय किसानों को बिजली की कोई समस्यस आड़े नहीं आने दी जायेगी ऊर्जामंत्री आज स्बह सिरसा में लोगों की समस्यायें सुनने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि कल चंडीगढ़ में बिजली विभाग की एक बैठक भी ब्लाई गई जिसमें विभाग के आला अधिकारी शामिल होंगे रंजीत सिंह ने कहा कि विभाग को निर्देश दिये गये है कि अगर किसी कारणवंश बिजी में कटौती करनी पड़ी है तो उसकी भरपाई अगले दिन दी जाये ताकि ब्आई के दौरान किसानों को कोई दिक्कत न हो

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को शहरों में पीली व लटकती तारों की समस्या का निदान करने को भी कहा गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की तारे घरों के ऊपर से ग्ज़रती है उनका हल भी किया जायेगा नशों के खातमे बारे प्रछे जाने पर उन्होंने कहा कि सिरसा जिले में नशे के खत्म करना उनकी प्राथमिकता रहेगी लोकसभा में कन्या क्मारी से सांसद श्री एच वंसथ क्मार ने आज केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के तहत चलाये जा रहे वेलनेस केन्द्रों को शाम के समय भी चलाने की मांग की ताकि लाभार्थियों को शाम के सयम भी चिकित्सा उपचार की स्विधा मिल सके आज शूल्य काल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हये उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रणाली के तहत लाभार्थियों को दोपहर के केवल दो बजे तक ही चिकित्सा उपचार की सुविधा मितली है और केवल अत्याधिक आपात्तकालीन स्थिति में ही सूचीबद्व अस्पतालों में उपचार की सुविधा ली जा सकती है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जल्द मंडल से लेकर प्रदेश स्तर के संगठनात्मक च्नाव की प्रक्रिया श्रू करेगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्भाष बराला ने आज रोहतक में पार्टी प्रदेश कार्यालयों जिा प्रभारियों की ब्लाई बैठक में यह जानकारी दी बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेशअध्यक्ष ने कहा कि पुरे प्रदेश में संगठनात्मक च्नाव होंगे जिसके लिये जल्द ही कार्यक्रम जारी किया जायेगा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस च्नाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत पिछले विधानसभा च्नाव से साढ़े तीन प्रतिशत बढ़ा है और ये भी हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लगातार दूसरी बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी है

इस अवसर पर क्रूक्षेत्र की प्लिस अधीक्षक श्रीमती आस्था मोदी ग्प्ता विशिष्ठ अतिथि के तौर पर शामिल हई इस मौके पर डाक विभाग की सांस्कृतक टीम दवारा प्रस्तृति भी दी गई पांच दिवसीय प्रतियोगिता में मेंज़बान हरियाणा के अलावा पंजाब ग्जरात उड़ीसा राजस्थान उतरप्रदेश बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक व दिल्ली डाक परिमंडल की टीमें भाग ले रही है